राज्य प्रशासनिक सेवा के सैंतीस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी

वेस्टइण्डीज के खिलाफ पहले किकेट टेस्ट मैच में मजबूत स्थिति में भारतीय टीम

प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कॉर्यकाल का पद संभालने के बाद यह मन की बात कार्यक्रम की तीसरी कड़ी होगी

इसे उसी समय प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और डीडी न्यूज के यू ट्यूब चौनलों पर भी सुना जा सकता है आकाशवाणी हिन्दी प्रसारण के तूरंत बाद इस कार्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा मोदी यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन देशों की यात्रा के तीसरे चरण में कल रात बहरीन पहुंचे अल गुदाइबिया पैलेस में उनका स्वागत किया गया इसके बाद उन्होंने राजधानी मनामा में भारतीय समुदाय को संबोधित किया

श्री मोदी ने लोगों को कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाए दीं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मनामा में बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत की दोनों नेताओं ने व्यापारिक संबंध और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित भारत और बहरीन के बीच मैत्री संबंध और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया श्री मोदी ने बहरीन के प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के साथ भी बैठक की स्थानांतरण राज्य शासन ने कल देर शाम राज्य प्रशासनिक सेवा के सैतीस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किये आदेश अनुसार प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय भोपाल में पदस्थ उप राजस्व आयुक्त अनिल कुमार जैन को रायसेन का डिप्टी कलेक्टर बनाया गया वहीं निर्वाचन आयोग में पदस्थ उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जमील खान को भोपाल का डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है इसके अलावा खण्डवा अपर कलेक्टर राजेश कुमार जैन को अपर संचालक एचएचडीसी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है छतरपुर के संयुक्त कलेक्टर मनोज मालवीय को बालाघाट का संयुक्त कलेक्टर बनाया गया है वही सतना डिप्टी कलेक्टर कमलेश पुरी को अनूपपुर का डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है विदिशा डिप्टी कलेक्टर बृजबिहारीलाल श्रीवास्तव अशोकनगर के डिप्टी कलेक्टर होंगे जेटली निधन पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का आज नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा

श्री जेटली का कल अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान एम्स मेँ निधन हो गया था

श्री जेटली कैंसर से पीड़ित थे वित्तमंत्री रहते हुए उन्होंने नोटबंदी जीएसटी जैसे कई ऐतिहासिक फैसले लागू किये

तीन तलाक जलसा केन्द्र सरकार द्वारा तीन तलाक और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर समाप्त करने के फैसले पर मुस्लिम महिलाओं का सबसे बड़ा जलसा आज इंदौर में आयोजित किया गया है इसमें प्रदेश से बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलायें शामिल होकर अपनी प्रतिकिया जाहिर करेंगी संस्था साझा संस्कृति द्वारा आयोजित इस जलसे में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी भाग लेंगे संस्था के संरक्षक और सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि इस आयोजन में भोपाल ग्वालियर जबलपुर उज्जैन खण्डवा सहित कई जिलों की महिलायें शामिल होंगी मौसम भोपाल होशंगाबाद सागर शहडोल और जबलपुर संभागों के जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है

इधर भोपाल में भदभदा और कलियासोत डेम के गेट कल फिर खोले गये रायसेन में भी भारी बारिश की वजह से बेतवा नदी उफान पर है इससे निचली बस्तियों में भी पानी भर गया है छतरपुर बैतूल उमरिया और नीमच में भी रुक रुककर बारिश हो रही है उधर खंडवा जिला स्थित इंद्रासागर और ओंकारेश्वर बांध से पानी छोड़ा गया मौसम विभाग ने आज भोपाल होशंगाबाद विदिशा इंदौर धार खंडवा और बुरहानपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है किकेट वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है

प्रादेशिक समाचारों में अब वक्त है अच्छी खबर का इस अंक में प्रस्तुत है मुरैना को स्वच्छ बनाने के लिये शुरू किये जा रहे मैं हूं कबाड़ी अभियान पर खास रिपोर्ट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

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज आकाशवाणी से करेंगे मन की बात

कई डिप्टी कलेक्टर बदले गये